एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोध व्यवस्था नितांत आवश्यक है और आईएनएस अरिहन्त परमाणु ब्लैकमेल करने वालों के लिए मुंहतोड़ जवाब है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के परमाणु कार्यक्रम का उदेश्य विश्व शांति और स्थिरता को मजदूत बनाना है

आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा कि केंद्र आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य भारतीय प्रणालियों को प्रोत्साहन दे रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए आगे आए इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ विदेश मुद्रा की भी भारी बचत होगी वह आज गोरखपुर में एक हजार दो सौ तीस किलोवाट के सोलर प्लांट का उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री योगी ने गीडा के उद्यमियों की समस्याओं का भी संज्ञान लिया और कहा कि प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास गोरखपुर के उद्यमियों के साथ आकर बैठक करें उनकी समस्याओं को समझे और समय सीमा में समाधान करें भारत और दक्षिण कोरिया ने खेल के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ और दक्षिण कोरिया के संस्कृति खेल तथा पर्यटन मंत्री दो जोंग ह्वान ने आज नई दिल्ली में इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए कर्नल राठौड़ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को एक दूसरे की विशेषज्ञता से काफी लाभ मिल सकेगा प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्व विद्यालयों के कुलाधिपति राम नाईक ने कहा है कि बेहतर शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्रद संकल्पित है प्रदेश में अब नकल विहीन परीक्षा होगी इसके लिए सभी विश्व विद्यालयों को प्रयास करना होगा राज्यपाल राम नाईक आज जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय के बाइसवे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे राज्यपाल श्री नाईक ने कहा कि गोल्ड मेडल और उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में जागरूक रहने की जरूरत है क्योंकि अब उनके के पँखों में ताकत आ गई है और उन्हें आकाश में उड़ान के दौरान काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा उन्होंने विद्यार्थियों से कहा के दीक्षांत में शपथ लेना सरल है लेकिन उसे निभाना कठिन है इसे निभाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल और उपाधि पाने वालों में इक्यावन फीसदी छात्राएं हैं जो कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करतीं है

विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो डॉ राजारम यादव ने अपने सम्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया दीपावली पंच महापर्वो की श्रृंखला का पहला पर्व धनतेरस आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया जा रहा है बाजारो में चहल पहल है और लोग पर्व से जुड़ी वस्तुओं की खरीददारी कर रहे हैं आनुषणों बर्तनों तथा इलेक्ट्रानिक सामानों की दकानों पर लोगों की भीड भाड है धनतेरस के दिन आमूषण और बर्तन खरीदने की प्राचीन परम्परा है हमारे मुरादाबाद प्रतिनिधि ने बताया है कि वहां पीतल के बर्तनों की दुकानों में काफी भीड भाड है और लोग पीतल की मूर्तियों तथा बर्तनों की खरीददारी कर रहे हैं आज ही आय्वेद के प्रणेता भगवान धनवंतरि की जयंती भी मनाई जा रही है आयर्वेद से जूड़े संस्थानों में लोगों ने आज सुबह भगवान श्री धनवंतरि की पूजा अर्चना की कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की बघाई दी है श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह विशिष्ट दिन समाज में शांति और समृद्धि लाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक बधाई दी है तथा उनके सुख और समृद्वि की कामना की है उन्होंने कहा है कि आज ही धनवंतरि जयंती भी है इस अवसर पर अर्थ के साथ साथ अच्छे स्वास्थ को प्राप्त करने का भी संकल्प लिया जाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ्य और समृद्व समाज बन सके